ऊना में आज कोविड समीक्षा बैठक में उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे लोगों को शादी जैसे सामाजिक समारोहों में बड़ी संख्या में शामिल न होने के लिए प्रेरित करें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं को व्यक्तिगत रूप से शामिल करके कोरोना रोगियों का समुचित ईलाज सुनिश्चित करें मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों पर चिंता जताते हुए प्रदेशवासियों से कोविड मानकों का पूरा पालन करने की अपील की ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके इससे पहले एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के नए दौर का शिखर अभी आना बाकी है और राज्य सरकार किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेशभर के स्वास्थ्य संस्थानों में कोरोना मरीजों के लिए जल्द ही बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर तीन हजार की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल दर्शनों के लिए खुले रहेंगे लेकिन लंगर कीर्तन और यज्ञ पर प्रतिबंध रहेगा बैठक मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री ने ऊना ज़िले में सूखे की स्थिति की समीक्षा भी की और अधिकारियों को समय रहते उचित कदम उठाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि ज़िले में उनके द्वारा की गई सभी घोषणाओं को पूरा किया जाए ताकि विकास योजनाओं से लोगों को लाभ मिल सके मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए अधिकारियों को लक्षित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे

मारकंडा जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल घाटी की त्रिलोकनाथ थियोट और मुरिंग पंचायतों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनीं उन्होंने अनेक समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए मारकंडा ने कहा कि किशोरी गांव में सड़क का निर्माण जल्द पूरा किया जाएगा और त्रिलोकनाथ व हिंसा में अलग अलग पेयजल पाईप लाईन की व्यवस्था की जाएगी दुर्घटना चंबा जिले में बीती रात उटीप पनेला मार्ग पर एक कार के भूस्खलन की चपेट में आने से उसमें सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि प्रशासन ने लोगों के सहयोग से मृतकों के शवों को खाई से निकाला प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को फौरी राहत दी गई मौसम प्रदेश के अनेक स्थानों पर बीती रात व्यापक रूप से वर्षा हुई है कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी हुई इस वर्षा से तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है लाहौल स्पिति जिले की उंची चोटियों पर हुए हिमपात के बाद केलंग सहित कुछ स्थानों पर न्युनतम तापमान शुन्य से नीचे चला गया है केलंग में आज न्यूनतम तापमान माईनस शुन्य दशमलब दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

इस मौके पर चंबा में आज हैरिटेज वॉक का आयोजन किया गया प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा अन्य गणमान्य लोगों ने चंबा के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का पैदल भ्रमण कर उनके बारे में जानकारी हासिल की इसके बाद भूरी सिंह संग्राहलय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस मौके पर पदमश्री विजय कुमार और एसएन सेठी को भी सम्मानित किया गया दौरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज ऊना ज़िले के थानाकलां में गौ अभ्यारण्य का दौरा किया

पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर भी मुख्यमंत्री के साथ थे महिला मोर्चा कोविड वैक्सिन को लेकर प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा जनजागरण अभियान चलाएगा